प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की जैव विविधता और विषालता के बहुआयाम दर्षन भारतीयों को गर्व से भर देता है इसकी खोज करना संजोना विस्तार देना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है उन्होंने जैव विविधता के साथ देष की पर्यावरण सुरक्षा पर भी विषेष जोर दिया प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे थे अपने संबोधन में उन्होंने देष की विषालता और विविधता के अंतर्गत समूचे भारत की कला संस्कृति पर्यावरण सुरक्षा जैव विविधता विज्ञान और तकनीक के साथ लोगों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की श्रेष्ठ भारत एक भारत को नई दिषाएं देने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपने देष की कला संस्कृति हुनर हस्तकला षिल्पकला प्रकृति जीव विज्ञान और तकनीक को नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना है

उन्होंने देष की महिलाओं और बेटियों की उद्यमषीलता की सराहना करते हुए पूर्णिया जिले की महिलाओं द्वारा रेषम साड़ी उत्पादन बारह साल की काम्या द्वारा इंडिज पर्वत की सबसे उंची चोटी पर फतह हासिल करने और केरल की एक सौ पांच वर्षीय भागीरथी अम्मा के सार्थक प्रयास पर विस्तार से चर्चा की उन्होंने कहा कि हमारे देष की बेटियों और महिलाओं की उद्यमपीलता गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के तहत लोगों से एडवेंचर स्पोर्टस अपनाने को कहा उन्होंने कहा कि जिंदगी में एडवेंचर होना चाहिए उन्होंने कहा कि लोग अपने पंसद की जगह जायें और अपनी रूचि के अनुसार एडवेंचर करें श्री मोदी ने मुरादाबाद के दिव्यांग युवा सलमान द्वारा अपने जैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास की प्रषंसा की और कहा कि विपरीत समय में हमारा हौसला हमें आगे बढ़ाता है प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ इलाके के पारंपरिक अजरक प्रिंट को आगे बढ़ाने के लिए इस्माइल खत्री के दृढ निष्वय और साहस की भी काफी सराहना की अपने संबोधन में उन्होंने देष की पर्व त्योहारों को सामाजिक एकता की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए देषवासियों को भारतीय नववर्ष की अग्रिम शुभकामाएं दी

राज्य सरकार द्वारा जल्द ही गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए गिरिडीह स्टेडियम के नजदीक बीस एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गयी है उपायुक्त ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना से आमलोगों को सुविधा मिलेगी श्री सिन्हा ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित पीड़टांड़ के पालगंज में इंडियन रिजर्व बटालिय कैंप भी खोले जाएंगे

इसका उद्देश्य देशभर के किसान परिवारों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें कृषि और घरेलू आवश्यकताओं से जुड़े खर्च के लिए सक्षम बनाना था योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में प्रतिवर्ष छह हजार रुपए की राशि किस्तों में अंतरित की जाती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारी मजबूत स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के कारण भारत नोवेल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहा उन्होंने इससे पहले इबोला निपाह वायरस और स्वायन फ्लू पर भी देश के योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा काबू पाये जाने पर उनकी सराहना की डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुंबई में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान के शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखते हुए कहा कि यह संस्थान अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा मॉडल बनाया जायेगा जिसे अन्य देश अपनाने लगेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का अनुपात भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप बन जायेगा इधर सरकार ने नागिरकों को कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर सिंगापुर की अनावश्यक यात्रा नहीं करने का परामर्श दिया है कहा गया है कि काठमांडू इंडोनेशिया वियतनाम और मलेशिया से विमान से भारत आ रहे यात्रियों की हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की जायेगी

जैक की ओर से ग्यारहवीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा पांच मार्च से शुरू होगी